प्रदेश में भी कल से इन बैंकों की विधिवत शुरूआत हो जाएगी राजस्थान डाक परिमंडल के पोस्ट मास्टर जनरल वी वी दवे ने आज संवाददाताओं को बताया कि कल जयपुर में एक समारोह में सूचना और प्रसारण तथा खेल तथा युवा मामलात मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ इंडिया पोस्ट पेंभेंट बैंक का शुभारंभ करेंगे

उन्होंने बताया कि पोस्ट पेमेंट बैंक के गठन का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को सरल सुगम और विश्वसनीय बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना है

श्रीमती राजे का विभिन्न स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया बाद में श्रीमती राजे ने जालौर जिले के जसवंतपुरा में सुंधा माता के दर्शन किए उन्होंने भीनमाल में आमसभा को सम्बोधित किया मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने राजस्थान को बीमारू राज्यों की श्रेणी से बाहर ला दिया है सरकार सबको साथ लेकर आगे भी विकास कार्य जारी रखेगी

शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि पहली नजर में पूरी परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी नजर आ रही है न्यायालय ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग में कंथित परीक्षा घोटाले के कारण लोगों को इसका लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती

बाकी दिन बैंकिंग गतिविधियां आम दिनों की तरह संचालित होंगी

जयप्र में इस बार मतदान के दौरान फर्जी मतदाताओं पर अंकृश लगाने के लिये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी और पहली बार मतदाताओं को बारकोडिंग वाले पहचान पत्र जारी किये गये कोटा में कॉमर्स कॉलेज के बाहर मतदान के दौरान हंगामा कर रहे छात्रों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेडा हुडदंग की आशंका को देखते हुए बडी संख्या में पुलिस और आरएसी का जाब्ता तैनात किया गया इसी तरह अजमेर उदयपुर और झालावाड़ में भी छात्रों में आपस में विवाद होने के कारण पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और कुछ छात्रों को हिरासत में लिया जोधपुर संभाग में मुख्यमंत्री की राजस्थान गौरव यात्रा के कारण वहां के विश्वविद्यालय और संबद्ध कॉलेजों में मतदान बाद में होगा

आरोपी ने इसी महीने दो तारीख को मासूम से दुष्कर्म किया था

योजना के तहत हर गांव और शहर में घर को बिजली मुहैया कराने के लक्ष्य के तहत सिरोही के डाबेला भागली सिरोही गांव में बिजली पहुंच गयी है हमारे संवाददाता ने बताया कि लम्बे इंतजार के बाद बिजली आने से गांव के लोग काफी खुश हैं

सीकर में आज जिलास्तरीय वन महोत्सव आयोजित किया गया